प्रयागराज में कल अखाड़ों के शाही स्नान के साथ कुम्भ मेला शुरू हो जायेगा शाही स्नान सुबह पांच बजकर पन्द्रह मिनट पर शुरू होगा इसके लिये गंगा में सात हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनन्द ने कहा कि कुंभ को सफल बनाने के लिये कई प्रयास किये गये हैं कल लगभग सवा करोड़ श्रद्वालूओं के मेले म आने की उम्मीद की जा रही है बाइट जो प्रथम शाही स्नान है उसको सबसे ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिये जो योजना है अब हमने प्रजनीय अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की उनके आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके पश्चात यह तय हुआ है कि जो परम्परागत रूप से क्रम है सवा पांच बजे वहां प्रारम्भ किया जायेगा माननीय अखाड़ा परिषद वहां प्रस्थान करेगा और शाम को पांच बीस तक शाही स्नान के जुलूस आते रहेंगे और निर्मल अखाड़ा और क्रांतिय अखाड़ा वहां समाप्ति करेगा और उसके लिये सुरक्षा व्यवस्था की गई है

मजिस्ट्रेट तैनात किये गये है उनके स्वागत के लिये जो व्यवस्थाएं है वह हम लोग परम्परागत रूप से और बेहतर बनाया गया है

डीआईजी कुंभ मेला कविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मेले के लिये बीस हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है इसमें पुलिस होमगार्ड और अर्द्ध सैनिक बलों के जवान शामिल है

उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है

कुंभ मेला प्रयाग से आकाशवाणी के लिये मुल्तान सिंह यादव कुंभ मेले में तीर्थयात्रियों का शहर में आना शुरू हो गया ह हमारे संवाददाता ने बताया है कि साधु संतों के अलावा विदेशी पर्यटक भी इस मेले में आ रहे हैं बड़ी संख्या में आए विदेशी पर्यटक यहां मौजूद बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की जमकर सराहना कर रहे हैं

जर्मनी के शैवियों ने कहा कि मेले की सुविधाएं प्रभावशाली है और पूरे विश्वी को इस आयोजन का सम्मीन करना चाहिए

वहीं बेल्जियम की एनी ने मेले की जमकर तारीफ की

कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिये आज एक विशेष ऐप कुंभ मेला मौसम सेवा के नाम से जारी किया गया है

उन्होंने बताया कि यह ऐप कल से शुरू हो रहे कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को स्थानीय मौसम की पूरी जानकारी देने के साथ ही प्रशासन के लिये निर्णय लेने में भो सहायक होगा कुम्भ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का रेडियो स्टेशन कुम्भवाणी स्थापित किया है

आकाशवाणी ने पहलो बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है दूरदर्शन कुम्भ मेले के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से शुरु करेगा

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने नक्सलवाद को लगभग पचास प्रतिशत तक खत्म कर दिया है और आतंकवाद से भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में पिछले साढ़े चार सालों में कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है और प्रतिदिन आतंकवादी मारे जा रहे है आज लखीमपुर खीरी में सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय के आवासीय परिसर और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के बाद जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि हमारे जवान जहां नेपाल भूटान की खुली सीमाओं की रक्षा करते हैं वहीं इन देशों के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज बहराइच जिले के थाना रूपईडीहा के भारत नेपाल सीमा पर एक सौ पैंतालीस एकड़ भूमि में इंटीग्रेटेट चेक पोस्ट के निर्माण की आधार शिला रखी इस पोस्ट के निर्माण पर दो सौ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंग यह चेक पोस्ट वन विंडो सिस्टम के तहत कार्य करेगा इसके माध्यम से एक ही स्थान और एक ही चेक पोस्ट पर देश विदेश के लोगों को व्यापार एवं आवागमन से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इंटीग्रेटेट चेक पोस्ट में कार्गो और यात्री टर्मिनल भी बनाये जायेंगे

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनांए दी है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है